प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बारह मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सिवान और महाराजगंज में मतदान होगा छठे चरण के चूनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और गौरेयाकोठी में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त करने की बात कह कर जनता को गुमराह किया जा रहा है लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से देश और प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने पश्चिमी चंपारण के चौतरवा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के मन की आकांक्षाओं को पूरा किया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव विकास और देश प्रेमियों का है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी हार देखकर विपक्ष के नेता हताशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गोपालगंज में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन गरीबों को अधिकार दिलाने और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है उन्होंने कहा कि चुनाव में महागठबंधन को भारी सफलता मिलेगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पश्चिमी चंपारण में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है इससे समाज के वंचित वर्ग को सजग रहना चाहिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शिवहर पूर्वी चंपारण गोपालगंज और सीवान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और नित्यानंद राय पश्चिम चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित करेंगे इस बीच निर्वाचन आयोग छठे चरण का चूनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की तैयारी में जुटा हुआ है संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने पटना में कहा कि सभी संसदीय क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टी का गठन कर लिया गया है इन सभी का प्रशिक्षण चल रहा है उन्होंने कहा कि छठे चरण में कुल एक करोड़ छत्तीस लाख पांच सौ छिहत्तर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे प्रशासन को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है उधर सातवें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है सातवें चरण में नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में उन्नीस मई को मतदान होगा सातवें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चौदह मई को सासाराम और बक्सर में तथा पन्द्रह मई को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में चूनावी सभा को संबोधित करेंगे जबकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ग्यारह मई को पटना में रोड शो करेंगे इस बीच पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि जनता विकास के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में लू जैसे हालात बन गये हैं अधिकांश क्षेत्रों में पारा बयालीस के पार पहुंच गया है बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है लू की चपेट में आने से बीमार हुए लोग प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी पटना के तापमान में मामूली गिरावट के साथ अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं भागलपुर और पूर्णिया का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले सप्ताह भर तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है विभाग ने आशंका जतायी है कि आज राजधानी पटना का तापमान तैतालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर जबकि गया का तापमान पैतालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है इसके कारण लू की स्थिति बनी रहेगी इधर प्रचंड गर्मी के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को कल से गर्मी की छूट्टी घोषित करने का आदेश दिया है नये शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पीजी और अन्य सभी पाठयक्रमों में ऑनलाईन नामांकन होगा राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को हर हाल में नये सत्र से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफॉरमेंशन सिस्टम यूएमआईएस लागू करने का निर्देश दिया है राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि यूएमआईएस को लागू करने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि आवेदन से लेकर नामांकन तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाईन होंगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज किये गये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत में चौबीसवीं पीड़िता के बयान लिये गये अब नौ मई को मामले की अगली सुनवाई होगी उधर पटना के आसरा होम से फरार पांच संवासिनों को पुलिस ने बरामद कर लिया

भागलपुर के सैंडिस ग्राउंड में खेली जा रही हेमन ट्राफी के दूसरे सेमीफाइनल में भागलपुर ने कैमूर को इक्यावन रनों से पराजित कर दिया फाइनल में भागलपुर का मुकाबला बोर्ड अध्यक्ष एकादश से होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने श्यामल सिन्हा अंडर सिक्सटीन क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी कर दिया है इसके अनुसार पन्द्रह मई से प्रदेश के दस स्थानों पर टूर्नामेंट के मैच खेले जायेंगे आज के सभी समाचारों पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बयानों को प्रमुखता दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अखबार को दिये अपने साक्षात्कार में कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक यूपीए कार्यकाल में नहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है राहुल ने मांगी बिना शर्त माफी इसके साथ ही अखबार ने एक अन्य सुर्खी छापी है बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गये थे एक सौ सत्तर आतंकी दैनिक भास्कर ने राजभवन के आदेश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है इस सत्र से स्नातक पीजी और अन्य पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन एडमिशन प्रभात खबर ने चुनावी खबरों को प्रमुखता देते हुए लिखा है विकास के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल शाम समाप्त हो जायेगा प्रचार

प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी